म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में हुए शामिल

पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में बुलाए गए कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद का रहा मिला जुला असर विश्व प्रसिद्ध खज्राहो नृत्य महोत्सव आज से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं से रूबरू होंगे दर्शक नीति आयोग बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षो में कृषि और पश्पालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हई श्री मोदी ने कहा कि जीवन और व्यापार दोनों में स्गमता के उपाय साथ साथ किए जाएंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उज्ज्वल अविष्य के लिए नियमों और विनियमों में संशोधन करना करना होगा

बैठक में मध्य प्रदेश से ज्डे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी पेट्रोलडीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंद कराया उधर शहडोल में कांग्रेस ने गोहपारू से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता और व्यापारिक संस्थाओं को समर्थन के लिए आभार जताया है वहीं भाजपा ने बंद को पूरी तरह फेल बताया

प्रदेश की संस्कृति एंव पर्यटन मंत्री उषा ठाक्र इस समारोह का श्भारंभ करेंगी इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री त्लसीराम सिलावट विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्षता खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा करेंगे पहले दिन गीता चन्द्रन और साथियों दवारा भरतनाट्यम समूह तथा दीपक महाराज दवारा कथक नृत्य प्रस्त्त किया जाएगा

इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा

आज अंतिम शव भी रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया